इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है अगले दिन इसकी जांच की जायेगी और आठ अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं

मोदी रैली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र के ड्रमी गांव से राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की षुरूआत करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड के रूद्रपुर और उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे भाजपा सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं भाजपा ने उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया है

श्री मोदी कल ओडिशा के कोरापुट तेलंगाना के महबूबनगर और आंध्रप्रदेश के कुर्नूल में रैलियों को संबोधित करेंगे उधर कांग्रेस में भी चुनावी प्रचार जोरों पर है राहुल गांधी आज चुनावी सभाए लेंगे वहीं श्री गांधी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र आगामी दो अप्रैल नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जारी करेंगे

मनरेगा की दरों का पुनरीक्षण हर साल होता है

पुनरीक्षण के समय महँगाई और अन्य स्थानीय कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है लोकपाल शपथ लोकपाल के आठ सदस्यों ने कल नई दिल्ली में पद की शपथ ली लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीसी घोष ने चार न्यायिक तथा चार अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई इसके साथ ही देश के पहले लोकपाल के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई न्यायिक सदस्यों में न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भौसले न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी शामिल हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी महेन्द्र सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के भूतपूर्व अधिकारी इन्द्रजीत प्रसाद गौतम और सशस्त्र सीमा बल की पहली महिला प्रमुख रही अर्चना रामसुन्दरम को गैर न्यायिक सदस्य के रूप में लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया है

उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों को गुणवत्ता सस्ती और सार्थक शिक्षा प्रदान करने वाले उत्कृष्टता केंद्र बनने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है उपराष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में र्रेंकिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया के पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि देश के जनसांख्यिकीय लाभ को सार्थक करने में यह एक आवश्यक घटक है उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को छात्रों को वैश्विक नौकरी बाजार में सफलता पाने के लिए प्रशिक्षित करने और विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उद्योगजगत के साथ बातचीत करनी चाहिए

इस कडी में कल खण्डवा कलेक्टर ने विभिन्न संगठनों से मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की पंधाना विकासखण्ड के ग्राम पाडल्या में मिर्ची तोड़ने वाले मजदूरों को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राठौर ने आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने की शपथ दिलाई वहीं उमरिया जिला निर्वाचन अधिकारी निर्देश पर लोकसभा निर्वाचन कार्य मे लगे शासकीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण कर के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है वहीं जिले के ग्राम पंचायत बड़खेरा में लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिऐ मतदाताओं को जागरूक करने निर्वाचन चौपाल का आयोजन किया गया वहीं इंदौर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए जगह जगह रैली नुक्कड नाटक और सभाएं आयोजित की जा रही है जिले की देपालपुर तहसील काली बिल्लौद गांव में महिलाओं ने ष्षीतला सप्तमी पर मतदान की ष्षपथ ली सुचना आयुक्त नोटिस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयुक्त व दो सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों के खिलाफ दायर एक याचिका पर कल सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और अन्य सभी पक्षों से जवाब मांगा है मंदसौर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट रूपाली दुबे की इस याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है याचिका में आरटीआई के उप सचिव नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत कई अन्य लोगों को पक्षकार बनाया गया है बाल विवाह समिति शिवपुरी जिले में बाल विवाह रोकने के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है कलेक्टर ने अधीनस्थ अमले को निर्देश दिए हैं कि बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रहें

आईपीएल के इतिहास में इडेन गार्डन्स में यह सर्वाधिक स्कोर है इसके साथ ही कोलकाता ने अब तक दो मैच जीत लिए हैं जबकि पंजाब को एक मैच में जीत मिली है आज बेंगलुरू में रॉयल चेलेंजर्स बेंगलुरू का सामना मुम्बई इंडियन्स से होगा

इसके मुख्य अथिति पदम् विभूषण और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के कस्तूरी रँगन होंगे

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक ने बताया कि राजस्थान उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में गर्माहट की वजह से तापमान बढ़ चुका है